छठ को देखते हये सुरक्षा के किये गये विशेष इंतजाम

सात ट्रेनें पटना से खुलेगी और साल के अंत तक प्रदेश के सभी घरों में बिजली मीटर लगा दिये जायेंगे

आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा अर्घ्य को लेकर राजधानी पटना समेत राज्यभर के छठ घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के गोताखोरों के अलावा पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने लोगों से किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है आरक्षी उपाधीक्षक और थाना अध्यक्षों को चौबीस घंटे अपने इलाके में अलर्ट रहने के निर्देश दिये गये हैं राज्य सरकार ने छठ पर्व पर मुख्य सड़कों और छठ घाटों के सम्पर्क पथ पर निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति बनाये रखने का निर्देश दिया है गंगा घाटों की साफ सफाई और घाटों तक जाने वाले रास्तों की साज सज्जा में विभिन्न इलाकों की पूजा समितियां और स्वयं सेवक लगे हुए हैं छठ को लेकर हर तरफ उत्साह है और गली मोहल्लों छठ के गीत से गूंजायमान हैं राजधानी पटना में सड़कों गलियों पर आकर्षक तोरण द्वार लगाये गये हैं और रंग बिरंगी रौशनी की व्यवस्था की गयी है राज्य के विभिन्न इलाकों में भगवान भास्कर की मूर्ति स्थापित की गयी है इधर कई क्षेत्रों में अस्थायी घाट बनाये गये हैं और साथ ही व्रतियों ने अपने अपने घरों की छतों पर अस्थायी जलाश्य बनाकर अर्घ्य देने की व्यवस्था की है जिला प्रशासन ने असुरक्षित घोषित किये गये घाटों पर विशेष बैरिकेडिंग की है और व्रत में शामिल होने वालों से इन घाटों पर नहीं जाने की अपील की है औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर पटना जिले में बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर दुल्हिन बाजार के उलार्क शेखपुरा के तेउस सूर्य मंदिर बक्सर के राम रेखा घाट नवादा जिले के हंडिया सूर्य मंदिर गया में दक्षिणार्क सूर्य देवालय और नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क तथा औगांरी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिये स्थानीय व्रतियों सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचे हैं देश के अन्य भागों में भी बिहार के प्रवासी छठ पर्व मना रहे हैं महापर्व छठ के मद्देनजर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है गांधी सेतु पर आज दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक पटना से हाजीपुर की ओर वाहनों का परिचालन होगा शाम पांच बजे के बाद से सात बजे तक हाजीपूर से पटना की ओर वाहन आयेंगे वहीं कल सुबह तीन बजे से छह बजे तक पटना से हाजीपुर की ओर जबकि सुबह छह बजे से आठ बजे तक हाजीपुर से पटना की ओर वाहनों का परिचालन होगा इधर पटना स्थित जेपी सेतु पर छोटे वाहनों का परिचालन दो बजे से पांच बजे तक सोनपुर से दीघा की ओर होगा जबकि शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक दीघा से सोनपुर की ओर वाहन आयेंगे प्रातः अर्घ्य वाले दिन सुबह तीन बजे से छह बजे तक सोनपुर से दीघा की ओर जबकि सुबह छह बजे से आठ बजे तक दीघा से सोनपुर की ओर वाहनों का परिचालन होगा पूर्व मध्य रेल ने छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों के सुविधा के लिये सत्ताईस अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इनमें सात ट्रेनें पटना जंक्शन से खुलेगी जो आनंद बिहार मुम्बई सिकंदराबाद और हबीबगंज के लिये जायेगी इसके अलावा भागलपुर मुजफ्फरपुर जयनगर छपरा गांधीधाम और रामनगर से भी स्पेशल ट्रेन चलायी जा रही हैं राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने राज्यवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान भास्कर की पूजा से जूड़े छठ पर्व से अंतःकरण की पवित्रता और चारों ओर स्वच्छता तथा निर्मलता बनाये रखने की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की है आकाशवाणी पटना द्वारा पटना के छठ घाटों से सांध्यकालीन अर्घ्य का आज सीधा प्रसारण किया जायेगा गंगा नदी के कलेक्टेरिएट घाट और मोटर लांच से छठ के मनोहारी और भक्तिपूर्ण माहौल का यह सीधा प्रसारण शाम चार बजे से साढे पांच बजे तक सुना जा सकता है इस साल के अंत तक राज्य के सभी घरों में सभी बिजली उपभोक्ताओं को मीटर दे दिया जायेगा बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को यह जानकारी दी है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभी प्रदेश के आठ लाख से अधिक घरों में मीटर लगाने का काम बाकी है मीटर की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिये आयोग ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लिखित जानकारी देने को कहा है कंपनी ने आठ लाख अस्सी हजार से अधिक उपभोक्ताओं को दो महीने में मीटर देने का लक्ष्य तय किया है बेगूसराय प्रलिस ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की तलाश तेज करते हुये कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है इसके साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों को भी अलर्ट किया गया है वहीं मुजफ्फरपुर जिला दंडाधिकारी ने बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी के नाम की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है बिहार सहित छह राज्यों में मक्के की खेती पर अफ्रीकी देशों से पहुंचे फॉल आर्मी नामक कीड़े का प्रकोप बढ़ गया है इससे बचाव के लिये केंद्र सरकार ने कृषि सचिव की अध्यक्षा में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है फसल सुरक्षा को लेकर सरकार ने इस क्षेत्र में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के टीम को रोकथाम की जिम्मेवारी सौंपी है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिले के लिये आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गयी है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रवेश परीक्षा की नई तिथि बाईस नवम्बर निर्धारित की गयी है कटक में खेले जा रहे अंडर सिक्सटीन विजय मर्चेट क्रिकेट ट्रॉफी में ओडिशा के खिलाफ बिहार पहली पारी में एक सौ पैंसठ रन पर ही सिमट गया इसके जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ओडिशा ने एक विकेट के नुकसान पर बयासी रन बना लिया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रो की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के वाराणसी में गंगा तट पर बने मल्टी मॉडल टर्मिनल के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है वाराणसी से हल्दिया के बीच पहल बंदरगाह शुरू दैनिक जागरण का शीर्षक है बिहार में राजग के घमासान पर विपक्ष की निगाहें शरद यादव से मिले उपेंद्र दैनिक भास्कर की सुर्खी है मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न होने पर मुख्य सचिव और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट में तलब प्रभात खबर ने लिखा है अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य आज

छठ को देखते हुये सुरक्षा के किये गये विशेष इंतजाम

सात ट्रेनें पटना से खुलेगी और साल के अंत तक प्रदेश के सभी घरों में बिजली मीटर लगा दिये जायेंगे